निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने कल नई दिल्ली में बताया कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिको सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने बताया कि हिंसा की कुछ घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा

श्री सिन्हा ने कहा कि भारत में जिस व्यापक और बड़े पैमाने पर चुनाव करवाएं जाते हैं वो दुनिया में अद्वितीय है

आम चुनाव सात चरणों में करवाए गए

मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरे आठ हजार उनचास उम्मीदवारों का भाग्य वोटिंग मशीनों में बंद हो गया

मतदान प्रतिशत प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में तेज धूप के बावजूद मतदाताओं ने मतदान के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं

यह प्रदेश के तीनों चरणों में हुए मतदान से ज्यादा है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि मतदान के दौरान कहीं से भी हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली

प्रशासनिक अमले ने मतदाताओं को मताधिकार का इस्तेमाल करने की समझाइश दी इसके बाद मतदान हुआ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यह चुनाव में उपयोग की गई कुल मशीनों का एक फीसदी से भी कम है मतदान उत्साह प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में लोगों ने भीषण गर्मी के बावजूद उत्साह के साथ बढ़चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया दिव्यांगों और बुजुर्गो के साथ ही पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने खासतौर से मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मनासा क्षेत्र में नवविवाहित भूपेन्द्र पाटीदार ने दुल्हन के साथ मतदान केंद्र जाकर मताधिकार का उपयोग किया

आगर मालवा जिले में मतदान में बुजुर्गो ने अहम् भूमिका निभाई

अलीराजपुर के रहने वाले कमलेश कापड़िया अपनी पत्नी करुणा कापड़िया के साथ मताधिकार का उपयोग करने ओमान से अलीराजपुर आये इतनी लम्बी दूरी तय करके आने वाले कापड़िया दम्पत्ति ने सुबह ही मतदान कोन्द्र पहुँचकर मताधिकार का उपयोग किया देवास संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत आष्टा विधानसभा क्षेत्र की बेटी हर्षिता ने विवाह संपन्न होने के बाद ससुराल जाने से पहले मताधिकार का उपयोग किया रतलाम जिले के गोपाल सिंह के दोनों हाथ नहीं हैं फिर भी वे मतदान करने के लिये लालायित थे उन्होंने आलोट विधानसभा क्षेत्र के तालोद गाँव के मतदान केन्द्र पर पैर की अंगुली से मतदान किया बड़वानी के आशाग्राम में बनाये गये दिव्यांग मतदान केन्द्र में एक दिल को छू लेने वाला नजारा दिखाई दिया यहाँ सोशल किड्स फोर्स के भावी मतदाताओं ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिव्यांगों को मतदान में पूरी मदद की दिव्यांग मतदाताओं के केन्द्र पर आने पर बच्चे हार फूल से स्वागत कर मतदान में मददगार बने खण्डवा में वृद्ध दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर मताधिकार का उपयोग किया

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

चुनाव सर्वेक्षण मतदान पश्चात कराये गये अधिकतर सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन केन्द्र में फिर से सरकार बनायेगा

परन्तु कुछ चैनलों ने यह अनुमान भी व्यक्त किया है कि एनडीए बहुमत से कुछ पीछे रह सकता है

मतगणना तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रदेश में मतगणना को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की दोनों विधानसभा मानपुर और बांधवगढ़ में मतों की गणना का काम जिला मुख्यालय स्थित शासकीय पॉलीटेनिक कॉलेज में किया जायेगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल मतगणना तैयारियों का जायजा लिया वहीं ग्वालियर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चरणवार नतीजों की घोषणा के बाद शहर की स्मार्ट सिटी द्वारा स्थापित विभिन्न डिस्प्ले स्क्रीन पर नतीजे दिखाये जायेंगे शिवपुरी में आज मतगणना के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का दूसरा प्रशिक्षण आयोजित किया गया है भिंड मुरैना सतना सीहोर सहित विभिन्न जिलों से मतगणना तैयारियों की समाचार मिले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक बहस के गिरते स्तर पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि प्रचार में सार्वजनिक हित के मुद्दों के बजाय व्यंक्तिगत आक्षेप चिंता का विषय है कोस्टेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ पीस से मानद डॉक्टरेट उपाधि दिये जाने के बाद अपने सम्मान में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राजनीतिक नेता को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रतिद्वद्वी हैं शत्र् नहीं उन्हें भाषा में शालीनता बनाये रखनी चाहिए श्री नायडू ने कहा कि सभी राजनीतिक दल आम लोग और प्रेस को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नेता विपक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि पदों के सम्मान पर बल दिया उपराष्ट्रपति ने मीडिया को विचारों को समाचारों से न जोड़ने का परामर्श दिया श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत का अपनी सदियों पुरानी परम्पराओं नैतिक मूल्यों और तथा शांति और अहिंसा के सिद्दांतों को लेकर पूरे विश्व में सम्मान है मॉ तुझे प्रणाम खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत अनुभव यात्रा आयोजित की जा रही है योजना के तहत युवाओं को भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से किसी एक स्थल की अनुभव यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा

विकासखण्ड स्तर पर चयन में एक एनसीसी एक एनएसएस एक खिलाड़ी एक मेधावी छात्र व एक स्काउट गाइड क्षेत्र से युवक व युवतियां शामिल की जायेंगीं पहले अनुभव यात्रा पर भेजे गए युवाओं का चयन नहीं किया जायेगा आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में ग्वालियर में जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय कम्पू में जमा कर सकते हैं

असम के छह प्रतिभागी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे पिछले साल भारत ने छह स्वर्ण पदक जीते थे